इसको लेकर मैं अधिकारियों से सतत संपर्क में हूं सभी आवश्यक निर्देश भी दिये जा रहे है मंदसौर नीमच रतलाम आगर शाजापुर उज्जैन खरगौन ग्वालियर धारझाबुआ खंडवा भोपाल इंदौर और राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश से उत्पन्न हालातों की निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा हूं आज टवीट् करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर राहत और बचाव कार्य किये जा रहे है रेस्क्यू कर कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है संकट की इस घडी में पूरी सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मुस्तैदी से खडी है उन्होंने कहा कि पूर्व में ही नुकसान और किसानों की फसल बर्बादी को लेकर सर्वे के निर्देश दिये जाचुके है जीएसटी आधार नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बड़ियों को रोकना है जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आधार सत्यापन वैकल्पिक था श्री मोदी ने कहा कि पिछले दो वर्षो के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी इनवॉयस दिए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा और यह प्रक्रिया तीन दिन में पूरी होगी

कर्मचारी इंकीमेन्ट जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेस सोसायटियों के लेखापाल और शाखा सहायकों को मिलने वाले तीन प्रतिशत इंकीमेन्ट में कटौती पर पुर्नविचार किया जाएगा श्री शर्मा ने कल भोपाल में ई गवर्नेस कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ई गवर्नेस के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह इन्हें भी तीन प्रतिशत का इक्रीमेन्ट देने की मांग पर विचार होगा उन्होंने पेपरलेस कार्यालय और सीएम हेल्पलाइन प्रकिया को आईटी के माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाने वाले और आईटी के फील्ड में काम कर रहे ई गवर्नेस कर्मचारियों से प्रस्ताव व सुझाव देने के लिये कहा फ्लाई ऐश कल सिंगरौली में फ्लाई ऐश पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इस मौके पर पर्यावरण और लोकनिर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश में फ्लाई ऐश के शतप्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा उन्होंने कहा कि पर्यावरण की अनदेखी कर विकास और औद्योगीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता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

आज के अंक में आप जानेंगें जबलपुर में घर घर से कचरा उठाने और सफाई से जुड़े वाहनों की निगरानी के लिये ली जा रही तकनीकी मदद के बारे में बारिश प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते भिंड जिले में भी चंबल नदी उफान पर है जिसके कारण नदी किनारे बसे जिले के अटेर क्षेत्र के आठ गांव टापू बन गये है

कल देर शाम भिंड के कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया उधर मालवा अंचल में हो रही जोरदार बारिश से गांधी सागर बांध उफान पर है गांधी सागर से साढे आठ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है

इसके अलावा फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है

उन्होंने बताया कि जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां आकलन किया जा रहा है इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले एक दो दिन बाद भारी बारिश से कुछ राहत की उम्मीद जताई है

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्वेंटी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में शाम सात बजे से खेला जाएगा